इसे देखते हुए राज्य में विशेष सतर्कता बरतने के आदेश जारी किए गए हैं बर्ड फ्लू से दो कौवों और एक कबूतर के मरने की पुष्टि राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशुरोग संस्थान भोपाल द्वारा की गई है बस्तर और दंतेवाड़ा से भेजे गए मृत कौवों के नमूने में बर्ड फ्लू के वायरस पाए गए हैं दंतेवाड़ा के संयुक्त संचालक ने बताया कि जिले के कूपर गांव में मृत दो मुर्गियों के नमूने भी जांच के लिए पुणे भेजे गए हैं लेकिन अभी तक रिपोर्ट नहीं आई है स्थिति पर नजर रखने के लिए जिला कलेक्टर की अगुवाई में संयुक्त टीम का गठन किया गया है कृषि उत्पादन आयुक्त और सचिव डॉक्टर एम गीता ने बताया है कि राज्य में बर्ड फ्लू पर नियंत्रण के लिए सभी जिलों को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं साथ ही बतख पालन वाले क्षेत्रों और जंगली तथा अप्रवासी पक्षियों के इलाकों में विशेष निगरानी रखने को कहा गया है पोल्ट्री व्यवसाय से जुड़े लोगों को बर्ड फ्लू के रोकथाम और जैव सुरक्षा के सभी नियमों की जानकारी देने कहा गया है इस बीच पशुधन विकास विभाग ने राज्य में बर्ड पलू के खतरे को देखते हुए सभी जिलों के कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को सीमावर्ती राज्यों से पक्षियों के परिवहन पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं साथ ही सभी शासकीय और अशासकीय कुक्कुट पालन प्रक्षेत्रों तथा पोल्ट्री फॉर्म पर भी निगरानी रखी जा रही है सड़क सुरक्षा माह केन्द्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि इस वर्ष मार्च के अंत तक प्रतिदिन चालीस किलोमीटर सड़क बनाने का लक्ष्य हासिल कर लिया जाएगा नई दिल्ली में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का उद्घाटन करने के बाद संवाददाताओं से बातचीत करते हुए श्री गडकरी ने कहा कि देश में सड़क दर्घटनाओं में चार सौ पंद्रह लोगों की प्रतिदिन मौत हो जाती है उन्होंने कहा कि सरकार सड़क तकनीक और मानकों को लागू करके सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं इधर छत्तीसगढ़ में भी सड़क सुरक्षा माह के तहत आज से जन जागरूकता पर आधारित अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है राजधानी रायपुर में आयोजित कार्यक्रम में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू शामिल हो रहे हैं वहीं मुंगेली जिले के पुलिस अधीक्षक बीपी राजभानू ने पुलिसकर्मियों की मोटरसाइकिल रैली को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया बिलासपुर में भी राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह की शुरूआत करते हुए आज यातायात पुलिस द्वारा जागरूकता रैली निकाली गई इस मोटरसाइकिल रैली में पुलिस जवानों के साथ राष्ट्रीय सेवा योजना एनएसएस और अन्य सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए वहीं दुर्ग में पुलिस अधीक्षक प्रशांत ठाकुर ने यातायात सड़क सुरक्षा प्रदर्शनी का शुभारंभ किया यह प्रदर्शनी भिलाई के नेहरू नगर स्थित गुरुद्वारा तिराहे पर लगाई गई है इस मौके पर यातायात जागरूकता के प्रचार प्रसार के लिए अंजोर रथ को भी हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया गया राज्यपाल दीक्षांत समारोह राज्यपाल अनुसुईया उइके ने विद्यार्थियों का आव्हान किया है कि वे कठिनाइयों से कभी न घबराएं और पुरे हौसले के साथ कार्य कर सफलता अर्जित करें यह बात राज्यपाल ने आज आईएसबीएम विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह को वर्चुअल रूप से संबोधित करते हुए कही समारोह में विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक और उपाधि प्रदान किए गए इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि किताबी ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान भी बहुत आवश्यक है उन्होंने राज्य के पिछड़े क्षेत्रों में शिक्षा के प्रचार प्रसार की जरूरत बताई सुश्री उइके ने यह भी कहा कि विश्वविद्यालय को समय की मांग के अनुसार अपने पाठ्यक्रमों में ज्ञान विज्ञान और प्रौद्योगिकी का समावेश करना चाहिए

स्वास्थ्य मंत्री ने रायपुर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये कोरोना टीकाकरण की रिथति की समीक्षा की इस दौरान जगदलपुर के स्वास्थ्य कर्मचारियों ने श्री सिंहदेव को बताया कि टीका लगाने के बाद उन्हें किसी तरह की परेशानी नहीं हुई श्री सिंहदेव को जगदलपुर जिला अस्पताल के अधीक्षक ने बताया कि कोरोना का टीका लगवाने वाले किसी भी स्वास्थ्यकर्मी को किसी तरह का साइड इफेक्ट नहीं हुआ और न ही इस वजह से कोई मरीज अस्पताल में भर्ती हुआ है उन्होंने बताया कि सभी स्वास्थ्यकर्मी सामान्य दिनों की तरह ही अपनी ड्यूटी कर रहे हैं बैठक में श्री सिंहदेव ने स्वास्थ्य विभाग के बजट एंबुलेंस और अस्पताल में बिस्तरों की संख्या के साथ अधोसंरचना विकास संबंधी कार्यों की भी जिलेवार समीक्षा की इसी तरह राजनांदगांव जिले में भी टीका लगवाने वाले करीब ढाई सौ स्वास्थ्यकर्मियों को अब तक किसी तरह की परेशानी नहीं हुई है जिले के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मिथिलेश चौधरी ने बताया कि शहर के चार टीकाकरण केन्द्रों में स्वास्थ्यकर्मियों को कोरोना टीका लगाने की व्यवस्था की गई है वहीं टीका लगाने वाली स्टाफ नर्स फलेश्वरी मरावी ने लोगों से अपील की है कि कोरोना टीका पूरी तरह सुरक्षित है और लोग बेझिझक होकर इसे लगवाएं वहीं दुर्ग में कोरोना टीकाकरण के बाद स्वास्थ्य संबंधी शिकायत दर्ज कराने के लिए कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है जिले के पांच केन्द्रों में कोरोना टीकाकरण का कार्य चल रहा है यह टीकाकरण तीस जनवरी तक चलेगा

उन्होंने कहा कि कोरोना के मामले अभी भी सामने आ रहे हैं और इससे लोगों की मृत्यु भी हो रही है उन्होंने लोगों से अपील की है कि कोरोना का वैक्सीन लगा हो या अब तक न लगा हो हर हाल में मास्क पहनना बहत जरूरी है उन्होंने कहा कि वैक्सीन लगने के बाद भी कोरोना से बचाव संबंधी उपायों का पालन कर इस खतरे को कम किया जा सकता है वहीं केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय के पत्र सूचना कार्यालय और प्रादेशिक लोक संपर्क कार्यालय रायपुर द्वारा कल एक वेबीनार का आयोजन किया जाएगा यह वेबीनार कोविड नाइंटीन टीकाकरण समयोचित जन जागरूकता अभियान की आवश्यकता विषय पर होगा इसे छत्तीसगढ़ यूनिसेफ कार्यालय के प्रमुख जॉब जकारिया और छत्तीसगढ़ टीकाकरण अभियान की राज्य मीडिया समन्वयक हर्षा पौराणिक संबोधित करेंगी केन्द्र खण्डन केंद्र सरकार ने आज सोशल मीडिया पर आई उन खबरों का खण्डन किया है कि गृह मंत्रालय ने स्कूलों और कॉलेजों को फिर से बंद करने का आदेश जारी किया है पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी ने इस खबर को फर्जी करार दिया है

इस बार मतदाता दिवस के लिए सभी मतदाता बने सशक्त सुरक्षित और जागरूक थीम का निर्धारण किया गया है वहीं मतदान केन्द्र स्तर पर सभी विकासखंड अधिकारियों को वास्तवित या वर्चुअल रूप से कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं इस मौके पर नये मतदाताओं को मतदाता कार्ड के साथ बैज देकर सम्मानित किया जाएगा वहीं राष्ट्रीय मतदाता दिवस समारोह के दौरान जिला स्तर पर प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में बेहतर कार्य करने वाले एक विकासखंड अधिकारी के साथ अन्य अधिकारियों को पुरस्कृत भी किया जाएगा भाजपा आरोप भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने आरोप लगाया है कि आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों और माओवादी हिंसा से पीड़ित परिवारों को राज्य सरकार की पुनर्वास योजना का लाभ नहीं मिल रहा है डॉक्टर सिंह ने बताया कि राज्य में पूर्ववर्ती भाजपा सरकार ने माओवाद समस्या से पीड़ित परिवारों को शासकीय नौकरी देने आर्थिक सहायता और बस यात्रा में रियायत देने सहित कई अन्य सुविधाएं मुहैया कराने का प्रावधान किया था पूर्व मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार माओवादी हिंसा से पीड़ित परिवारों को इन सुविधाओं का लाभ नहीं दे रही है उन्होंने बताया कि बस्तर संभाग के सभी जिलों के पांच सौ से अधिक ग्रामीणों ने कल रायपुर पहुंचकर अपनी समस्याएं बताईं डॉक्टर सिंह ने आरोप लगाया कि राज्य के गृह मंत्री ने इन परिवारों से भेंट तक नहीं की उन्होंने राज्य सरकार से मांग की है कि इन परिवारों को पुनर्वास नीति का लाभ दिया जाए इस बीच भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने राज्य की कांग्रेस सरकार पर हर मोर्चे में विफल रहने का आरोप लगाया है धमतरी प्रवास के दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए श्री साय ने कहा कि राज्य सरकार ने किसानों और युवाओं के साथ वादाखिलाफी की है उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह लचर हो चुकी है श्री साय ने गौठानों में पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था और मवेशियों की मौत सहित अन्य मामलों को लेकर राज्य सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए माओवादी समर्पण गिरफ्तार दंतेवाड़ा जिले में लोन वर्रादू अभियान के तहत एक महिला सहित आठ माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों पर कई गंभीर वारदातों में शामिल रहने का आरोप है जिले के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने बताया कि आत्मसमर्पित माओवादियों में से चार माओवादियों पर राज्य सरकार ने एक एक लाख रूपये का इनाम घोषित कर रखा था आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों को राज्य सरकार की पुनर्वास नीति के तहत प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई जिले में माओवादियों की घर वापसी के लिए संचालित इस अभियान के तहत अब तक करीब ढाई सौ माओवादी आत्मसमर्पण कर चुके हैं इनमें सड़सठ इनामी माओवादी भी शामिल हैं इधर बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों ने दो महिला माओवादियों को गिरफ्तार किया है इनमें से एक महिला माओवादी पर आठ लाख रूपये और दूसरी माओवादी पर एक लाख रूपये का इनाम घोषित था डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड डीआरजी और जिला पुलिस बल की संयुक्त टीम ने इन माओवादियों को गंगालूर पामेड़ थाना क्षेत्र स्थित चेरपाल पदेड़ा से गिरफ्तार किया है इन पर पुलिस बल पर हमला और शासकीय कार्य को बाधित करने की घटनाओं में शामिल रहने का आरोप है मन की बात प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इकतीस जनवरी को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की तिहत्तरवीं कडी होगी एक ट्वीट में श्री मोदी ने लोगों से अपने प्रेरक सुझाव साझा करने का आग्रह किया है प्रधानमंत्री ने कहा कि कार्यक्रम में उनमें से कुछ विचारों पर चर्चा भी करेंगे लोग नमो ऐप या माई जीओवी ओपन फोरम पर भी अपने विचार साझा कर सकते हैं किसान रेल छत्तीसगढ़ के किसानों को उनकी फसल की सही कीमत दिलाने और उन्हें देशभर में बाजार उपलब्ध कराने के लिए रेल मंत्रालय द्वारा किसान रेल की सुविधा दी जा रही है इसके तहत नागपुर रेलमंडल द्वारा दो बार संचालित किसान रेल के माध्यम से छत्तीसगढ के किसान फल और सब्जियां दूसरे राज्यों तक भेज सके छिंदवाड़ा से असम के तिनसुकिया तक करीब पौने तीन हजार किलोमीटर की लंबी दूरी तय करने वाली किसान रेल का परिचालन पिछले दिनों किया गया यह ट्रेन रायपुर दुर्ग और बिलासपुर से होकर गुजरी जहां से राज्य के किसानों ने लगभग एक सौ नब्बे टन पार्सल बुक कराया

उन्होंने उम्मीद जताई है कि इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी और परंपरागत् व्यवसाय को संरक्षित किया जा सकेगा यह बात मुख्यमंत्री ने बीती देर रात महासमुंद में आयोजित साहू समाज के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कही एनएमडीसी नौकरी जगदलपुर में राष्ट्रीय खनिज विकास निगम एनएमडीसी के भू विस्थापितों को नौकरी दिलाने की दिशा में छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग ने पहल की है आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक ने आज सुनवाई के दौरान इन मामलों का जल्द निराकरण करने और भू विस्थापितों की सूची तैयार करने के लिए सर्वेक्षण करने के निर्देश दिए उन्होंने कहा कि भू विस्थापन से प्रभावित महिलाओं को नौकरी दिलाने के लिए प्रयास किए जाएंगे सुनवाई के दौरान जिला कलेक्टर ने ऐसे प्रकरणों के निपटारे के लिए जल्द ही सर्वेक्षण करने की बात कही तबादला आदेश संशोधन पुलिस मुख्यालय रायपुर द्वारा पूर्व में जारी तबादला आदेश में संशोधन कर नया आदेश जारी किया गया है कवर्धा के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार सोनी को जांजगीर चांपा में नई पदस्थापना दी गई थी इसे संशोधित करते हुए श्री सोनी को अब मुंगेली जिले का प्रभार दिया गया है इसी तरह अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजय क्मार महादेव के पदस्थापना आदेश में संशोधन कर उन्हें अब जांजगीर चांपा का अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बनाया गया है वहीं नगरी के डीएसपी नीतीश कुमार ठाकुर को प्रभारी जोनल पुलिस अधीक्षक विशेष शाखा बस्तर के पद पर पदस्थ किया गया है संक्षिप्त समाचार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज से असम के दो दिवसीय दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री असम में विधानसभा चुनाव की तैयारियों के संबंध में पार्टी नेताओं के साथ बैठक करेंगे दूसरी ओर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय भी बस्तर संभाग के पांच दिवसीय दौरे पर हैं जहां वे विभिन्न क्षेत्रों के पार्टी प्रभारियों और प्रमुख पदाधिकारियों के साथ अलग अलग बैठकें कर रहे हैं

उन्होंने ध्वजारोहण कार्यक्रमों का आयोजन विधिसम्मत और सम्मानजनक ढंग से करने के निर्देश दिए हैं

शहर के गुरूद्वारा चौक पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने इस कलश यात्रा का स्वागत किया

जबकि पांच अन्य लोग घायल हो गए हैं लापरवाही से गाड़ी चलाने के आरोप में एंबुलेंस के चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है